प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में लालकिले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सबके लिए सामाजिक न्याय और तेजी से प्रगतिशील भारत का निर्माण सुनिश्चित करना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में देश के ईमानदार करदाता की प्रमुख भूमिका है यह उन्हीं का योगदान है कि इतने लोगों को भोजन मिल पा रहा है और गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाया जा रहा है

वहीं शाम को आयोजित एक अन्य समारोह में राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया और राजभवन में आये आमलोगों से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचोरी भी मौजूद थे अन्य दलों सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

रायसेन में वनमंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार ने ध्वजारोहण किया अलीराजपुर में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत किये छिंदवाड़ा में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया सतना में रिमझिम बारिश के बीच परेड ने मार्चपास्ट किया अशोकनगरसीहोरखंडवा बड़वानी बैतूलछतरपुर पन्ना धार होशंगाबाद सहित पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने के समाचार मिलें हैं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में श्रीमती पटेल को शपथ दिलाई इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉरमन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन के निधन के बाद श्रीमती आनंदी बेन पटेल को यहां का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है ग्रामसभा प्रदेश में आज से ग्राम सभाओं का चरणबद्व आयोजन शुरू हो गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा सशक्त माध्यम है इनसे प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है श्री भार्गव ने कहा है कि ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन करती है श्री भार्गव ने सभी ग्रामवासियों को इन ग्राम सभाओं में हिस्सा लेने की अपील की

ये कार्यशाला भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर स्थित राज्य आनंद संस्थान में होगी कार्यशाला में पंजीयन के बारे में अधिक जानकारी के लिये संस्थान की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आनंदसंस्थानएमपी डॉट इन पर संपर्क किया जा सकता है रेल समय सारणी उत्तर रेलवे की तीन सौ गाड़ियों के लिए कल से नई समय सारणी लागू हो जायेगी

रेलवे ने अपने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ियों के परिवर्तित समय को अवश्य ध्यान में रखें

स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होने के कारण इस झरने पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे अचानक यहां पर बारिश के बीच बहाव बढ़ने से झरने की एक चट्टान पर कई लोग फंस गए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस और अन्य लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं यह झरना शिवपुरी और ग्वालियर जिले की सीमा पर फोरलेन हाईवे के पास मोहना गांव के पास है

प्रदेश के शेष जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है हमारे शिवपुरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज अच्छी बारिश से यहां मौसम सुहाना हो गया है गुना में भी आज रूक रूककर रिमझिम बारिश होती रही

अब मरीजों का रिकॉर्ड आनलाईन उपलब्ध होगा

साल में एक बार खुलने वाले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालू पहुंच रहे हैं